हमारे संवाददता के अनुसार मुख्यमंत्री फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में करोडों रूपए की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री बाद में फतेहपुर के रेहन में एक जनसभा को भी सम्बोधित करेंगे

जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त सोलन के सी चमन ने उप निर्वाचन के लिए निर्धारित सभी ग्राम पंचायतों के पात्र नागरिकों से आग्रह किया है कि निर्धारित तिथि में अपना वोट अवश्य बनवाएं

कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सरकार पर युवाओं को रोज़गार देने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया है एक बयान में उन्होंने कहा कि बजट में जो वायदे किए गए हैं वे बजट तक ही सीमित हैं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पेश आगामी वित्त वर्ष के बजट में युवाओं महिलाओं और कर्मचारियों सहित किसी भी वर्ग का ध्यान नहीं रखा गया है

उपायुक्त ने कहा कि कोरोना का टीका लगवाने के बाद दोनों ही बार उनका स्वास्थ्य बिल्कुल सामान्य रहा उन्होंने जिलावासियों से अपनी बारी के अनुसार टीका लगवाने के लिए आगे आने को कहा अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मंडी में अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के शुभारम्भ से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी का शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारम्भ हिमाचल दस्तक के शब्द हैं शाही अंदाज में निकली माघोराय की जलेब आपका फैसला लिखता है छोटी काशी में शुरू हुआ देव समागम दैनिक जागरण के अनुसार देवताओं का नजराना पांच फीसद बढ़ा बजंतरियों का मानदेय भी बढ़ा माघोराय की शाही जलेब के साथ शिवरात्रि महोत्सव का आगाज अमर उजाला की एक खबर है कोविड की दोनों डोज लगवाने के बाद महिला चिकित्सक पॉजिटव है

पंजाब केसरी की एक खबर है परवाणू में कहासुनी के बाद बेटे ने मां की गोली मारकर की हत्या दैनिक भास्कर लिखता है प्रदेश में चार निगमों के चुनाव को लेकर आयोग आज लगा सकता है आचार सहिंता